मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चमोली आपदा में फंसे झारखंडवासियों को सहयोग का दिलाया भरोसा कंट्रोल रूम का गठन हेल्पलाइन नंबर भी जारी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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नये द्वार खोलेंगे

केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए क्रषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से आज पूर्व मंत्री लालचंद महतो और पूर्व सांसद रामटहल चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज भवन जाकर मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की मौजूदा सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई हैं श्री दास आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय मे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक ओर जहाँ राज्य की मौजूदा सरकार पिछले चौदह महीनों मे विकास के नाम पर फिसड्डी साबित हई है वहीं बदले की भावना से शिक्षा महिला सशक्तीकरण और रोजगार से जुड़ी गत भाजपा सरकार मे शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा ने बाबा बैद्यनाथधाम मंदिर में बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर आज मंदिर परिसर का भ्रमण किया दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रुटलाइन के अलावा मंदिर प्रांगण तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया द्मका रामपुरहाट रेल लाइन पर जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा

पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट से द्मका जिले के पिंडरगडिया तक रेल लाइन का सीआरएस यानी पारिचालन फिटनेस की जॉंच हो चुकी है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख सत्रह हजार पांच सौ आठ लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के चमोली आपदा में फंसे झारखंड के निवासियों से अपील की है कि वे घबराएं बल्कि अपनी समस्याओं को साझा करें राज्य सरकार उनकी मदद करेगी इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये गये है श्री दास ने ट्वीट कर लोगों से अपील की कि झारखंड के श्रमिक छात्र छात्राओं और अन्य नागरिकों को उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर समस्या होनेपर श्रम विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम में दिये गये नंबरों शन्य छह पांच एक दो चार नौ शन्यशन्य तीन सात पांच दो पांच पांच पांच पांच और आठ तीन पर कॉल कर समस्या साझा करें

पलामू जिले के पूर्वाडीह गांव निवासी नौसैनिक सुरज कुमार दूबे का पार्थिव शरीर आज उनके पैतक गांव में कोयल नदी के तट पर पंचतत्व में विलीन हो गया शोक संतप्त परिजनों इष्ट मित्रों और गांव वालों ने नम आंखों से सूरज को अंतिम विदाई दी इस मौके पर बडी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे अंतिम यात्रा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाक्र भी शमिल हए तिरंगे में लिपटे सूरज द्वबे के पार्थिव शरीर को लेकर नेवी के जवानों ने कन्धा दिया नेवी तथा सेना के जवानों ने कोयल नदी के घाट पर स्थित पुर्वडीहा घाट पर सलामी दी मृत जवान को मुखाग्नि उनके पिता मिथिलेश द्वे ने दी मौके पर मौजूद मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकर ने कहा कि मृत जवान के मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए

उन्होंने कहा कि पलाम के बेटे की मौत से राज्य ही नहीं बल्कि पुरा देश मर्माहत है घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इलाजरत मंत्री जगरनाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके है आज उन्हें अस्पताल से छट्टी मिल गई है लेकिन गेस्ट हाउस साफ नहीं रहने के कारण वे रात अस्पताल में ही बितायेंगे

उन्होंने बताया कि वे वापस झारखंड लौटते ही काम काज संभाल लेंगें पलाम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेल पटरी की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग एक बडी चुनौती है

स्वास्थ्य सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है इस कड़ी में सबसे पहले राज्य की सभी महिलाओं के लिए अच्छी मात स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में कार्य आरंभ किया गया है इसके लिये पायलट प्रोजेक्ट के तहत एएनएम कॉ डिजिटल एएनसी किट से लैस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सरकार द्वारा उठाया गया यह अभिनव कदम अब सकारात्मक परिणाम दे रहा है

इसके लिए अलग अलग एचएससी और आंगनवाड़ी केंद्रों की पहचान कर कार्य आरंभ किया गया है अब राज्य सरकार सभी एएनएम को डिजिटल एएनसी किट से लैस कर मात स्वास्थ्य के आंकड़ों में सुधार करने की योजना बना रही है पायलट प्रोजेक्ट से एएनसी पंजीकरण की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है

शेष जिलों में फरवरी और अप्रैल में बच्चों को अल्बेण्डाजोल की दवा खिलायी जाएगी बेंगलुरू में आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप में शामिल होने के लिए झारखंड की तीन खिलाड़ी संगीता कुमारी सुषमा कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग आज सिमडेगा से रवाना हुई

अप्रैल में आयोजित जूनियर एशिया केप को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया झारखंड की तीनों हॉकी खिलाड़ी आज सिमडेगा से रांची पहुंची कल सुबह तीनों रांची से फ्लाइट के द्वारा बेंगलुरू के लिए रवाना होगी जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में उत्पाद और पुलिस विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त करने के साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है